श्री मोदी लॉकडाउन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे इस अवसर पर प्रधानमंत्री एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एपलिकेशन की शुरूआत करेंगे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस एकीकत पोर्टल से ग्राम पंचायतों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में मदद मिलेगी इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम की भी शुरूआत करेंगे पंचायती राज दिवस पर हर साल सरकार बेहतर कार्य करने वाले पंचायतों और राज्यों को सम्मानित करती है और इस वर्ष ऐसे चार पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है

इसमें कुल मिलाकर सामान्य और संथिर रूप से वृद्धि हुई ऐसा विशेष रूप से केन्द्र की रणनीतियों से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है अधिकार प्राप्त कोरोना समन्वय समूह के अध्यक्ष ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी

समिति ने कहा कि पिछले एक महीने में सरकार ने जांच सुविधाए बढ़ाई हैं और पांच लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई उन्होंने कहा कि पिछले महीने से कोविंड अस्पतालों की संख्या में साढ़े तीन गुना और आइसोलेशन बिस्तरों की संख्या में तीन दशमलव छह गुना वृद्धि हुई है सरकार देश में मृत्यु दर को कम रखने के लिए जांच और उपचार के सिद्वांत पर कार्य कर रही है

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने पूर्णबंदी के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट की जानकारी दी केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि घर में बुजुर्गो को उपचर्या सेवा उपलब्ध कराने प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सुविधा तथा शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है देश में सडक निर्माण ईंट भट्टों और सीमेंट कारखानों को भी कुछ गतिविधियां जारी रखने की छूट दी गई हैं अधिकारी ने बताया कि राज्यों में ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि को छूट दी गई है जो दिशानिर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट नहीं है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों प्लाज्मा परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की सहमति दे दी है राज्य में कोरोना संक्रमित आठ मरीजों के ठीक होने से इस दिशा में उम्मीद की किरण नजर आई है

झारखंड में कल कोरोना के कुल सात नये मामले सामने आए हैं

रिम्स में आये सैम्पल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल इसे मंजूरी दी अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना गया है और स्वास्थ्यकर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है अध्यादेश में उत्पीडन शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा

उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के उपायों पर विश्वा स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चअल संवाद सत्र में भाग लेते हुए यह बात कही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

हालांकि मौजूदा दर पर मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत जारी रहेगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत साढे दस लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का फायदा मिला है

इसके तहत सरकार ने महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी

राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत वंदना डाडेल को वाणिज्यकर सचिव बनाया है वहीं योजना सह वित्त सचिव सुनील को पथ निर्माण सचिव बनाया गया है साथ ही अबुबकर सिद्दिकी को कृषि पष्टपालन और साक्षरता सचिव बनाया गया है प्रवर्तन निदेषालय की विषेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बीस करोड़ इकतीस लाख के मनी लाउडरिंग मामले में सात साल सश्रम कारावास और दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अदालत ने पूर्व मंत्री की संपत्ति भी जब्त करने का आदेष दिया है ईडी की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को इस मामले में इक्कीस मार्च को दोषी करार दिया था इस सिलसिले में इक्तीस मार्च को सजा सुनायी जानी थी लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था जानकारी हो कि एनोस पारा षिक्षक हत्याकांड में उम्रकैद और आय से अधिक मामले में सात साल की सजा पहले ही मिल चुकी है और वे इन मामलों में जेल में बंद हैं द्मका जिले के मसलिया प्रखंड के कटहलिया गांव के पास गुरुवार की शाम मसानजोर डैम के डुब क्षेत्र में एक नौका के पलट जाने से उसमें सवार छह में से पांच व्यक्ति लापता हैं एक व्यक्ति चापुडिया गांव का ग्राम प्रधान शिवलाल टुडू तैर कर बच निकलने में कामयाब रहा है ग्राम प्रधान ने ही ग्रामीर्णो को घटना की जानकारी दी है ऐसा माना जा रहा है कि नाव पर सवार दो महिला और बच्चा समेत पांच लोगों की इबकर मौत हो गयी है सभी एक ही परिवार के थे

राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि कुछ कम्पनियों और मीडिया की ऐसी आशंकाएं लॉकडाउन के दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या पर आधारित हैं